पटना में सर्वाधिक तीन हजार छह सौ पैंसठ मामलों की हुई पहचान

कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेना ने बिहार सरकार को मदद के लिए अपने दो फील्ड अस्पतालों को पूर्वोत्तर से पटना शिफ्ट कर दिया है अब इन दोनों अस्पतालों से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की सेवा पटना के बिहटा में पांच सौ बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने के लिए ली जाएगी इस अस्पताल में सघन चिकित्सा के लिए सौ बिस्तर होंगे कल अस्सी सदस्यों वाले चिकित्साकर्मियों का एक विशेष दल पटना पहुंचा जिसमें पच्चीस विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य पारा मेडिकल तथा नर्सिंग स्टाफ हैं अन्य कर्मियों के अगले दो दिनों के भीतर पहुंचने की संभावना है सेना ने एक विशेष कोविड प्रबंधन प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है जिसमें महानिदेशक के स्तर के अधिकारी सीधे थल सेना उप प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं प्रदेश में एक दिन में कोविड के रिकार्ड पंद्रह हजार एक सौ छब्बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक लाख पांच हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गयी संक्रमण की दर चौदह दशमलव चार प्रतिशत है प्रदेश के छह जिलों में पांच सौ से अधिक जबकि इकतीस जिलों में सौ से अधिक कोविड संक्रमितों की पहचान हुई है पटना जिले में सर्वाधिक तीन हजार छह सौ पैंसठ मामले सामने आये हैं वहीं गया से सात सौ बावन मुजफ्फरपुर से सात सौ छत्तीस नालंदा से पांच सौ पैंतीस पश्चिमी चंपारण से पांच सौ तैंतीस और भागलपुर जिले से पांच सौ तीन नये मामले दर्ज किये गये स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार एक दिन में तेरह हजार तीन सौ चौंसठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर में मामूली सुधार हुआ है और अब यह अठहत्तर दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गयी है वहीं इसी अवधि में कोविड से एक सौ बयालीस लोगों की मौत की खबर है सबसे अधिक पटना में तीस मरीजों की मौत हुई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या एक लाख पन्द्रह हजार एक सौ इक्यावन है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड संक्रमण की जांच में सीटी स्कैन और बायोमार्कर के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जतायी है उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उनका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हल्के लक्षणों वाले रोगियों की सीटी स्कैन में ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो समय के साथ अपने आप ही ठीक हो जाती हैं

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए आइवरमेक्टिन अथवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा ही काफी है एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोविड के शुरूआती लक्षण दिखने पर उन्हें होम आइसोलेशन में रहकर जरूरी दवाएं लेनी चाहिए

कल पंचानवे हजार दो सौ दो लोगों का टीकाकरण किया गया इसमें अड़तीस हजार पांच सौ तीन लोगों को टीके की पहली डोज जबकि छप्पन हजार छह सौ निन्यानवे लोगों को दूसरी डोज दी गयी इधर देश भर में अब तक सोलह करोड़ अड़तालीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लालगंज के पूर्व विधायक भरत सिंह का निधन हो गया उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जतायी है नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर कृतेश्वर प्रसाद और पटना के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एस चौधरी का कोविड से कल निधन हो गया राज्य सरकार के निर्देश के बाद ऑक्सीजन और दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी जिलों में विशेष टीमों का गठन किया गया है इस टीम में एक दंडाधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हैं टीम को दवा दुकानों और प्रतिष्ठानों के औचक निरीक्षण और जिला कंट्रोल रूम में मिली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं इधर पटना के एस पी वर्मा रोड में विशेष धावा दल ने एक निजी नर्सिंग होम के निदेशक और उसके एक संबंधी को रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कोविड मरीजों के इलाज और टीकाकरण से संबंधित सभी जानकारियां आज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है साथ ही आपदा प्रबंधन समूह द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए अब तक किये गये प्रयासों की जानकारी भी न्यायालय ने मांगी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और एस कुमार की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया खंडपीठ ने अस्पतालों की संख्या ऑक्सीजन तथा दवाओं की आपूर्ति ऑक्सीजन परिवहन में लगे टैंकरों की संख्या कोविड जांच संबंधी अद्यतन रिपोर्ट और टीकाकरण जैसे विभिन्न पहलुओं पर सरकार से जवाब मांगा है राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को मई महीने में मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है यह अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त होगा खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि पीला कार्डधारी लाभुकों को इस महीने प्रति परिवार पैंतीस किलो अनाज मुफ्त मिलेगा जबकि सफेद कार्डधारियों को प्रति सदस्य पांच पांच किलो अनाज दिया जायेगा उन्होंने बताया कि इस योजना में राज्य के लगभग आठ करोड़ इकहत्तर लाख लोग शामिल हैं राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सेनेटाइजेशन अभियान चलाने का निर्देश दिया है पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और पंचायती राज पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है आदेश में कहा गया है कि सभी गांवों का नियमित अंतराल पर सेनेटाइजेशन किया जाए साथ ही मास्क वितरण में तेजी लायी जाए वहीं विभाग ने पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि से जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने का फैसला किया है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला परिषद को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने कोविड संक्रमण को देखते हुए मछुआरों को बंदोबस्त जलकर का राजस्व जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है अब मछ्आरे पच्चीस सितम्बर तक राजस्व जमा कर सकते हैं प्रदेश में लगभग आठ हजार सामुदायिक रसोई संचालित होने लगे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पहले दिन लगभग तीन लाख लोगों ने सामुदायिक रसोई में भोजन किया विभाग ने ऐसे रसोई की संख्या बीस हजार करने का लक्ष्य रखा है केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है

राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन मद में आठ अरब बासठ करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी कर दी है वहीं तेरह विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए आठ सौ इक्कीस करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है दरभंगा के जाने माने चिकित्सक मोहन मिश्र का देर रात निधन हो गया वे चौरासी वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे डॉक्टर मिश्र को वर्ष दो हजार चौदह में नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रिकार्ड की गयी है

प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है कोरोना की तीसरी लहर का तैयारी करें ऑक्सीजन का हो बफर स्टॉक दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना जांच में पटना में हर तीसरा आदमी पॉजिटिव चौबीस घंटों में रिकार्ड तीन हजार छह सौ पैंसठ केस मिले दैनिक जागरण ने जानी मानी चिकित्सक गगनदीप कांग के हवाले से लिखा है पन्द्रह मई के बाद महामारी से राहत की उम्मीद हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गयी समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है राज्य के सभी मजदूरों को मिलेगा सरकारी योजनाओं में काम दैनिक आज लिखता है नौ मई से राजधानी शताब्दी जैसी अट्ठाईस ट्रेने अगले आदेश तक के लिए बंद राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है लॉकडाउन के बावजूद कम न हो टीकाकरण

पटना में सर्वाधिक तीन हजार छह सौ पैंसठ मामलों की हुई पहचान